नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस ने निकाली संविधान बचाओ शांति न्याय मार्च पचमढ़ी में शुरू हुआ कला और संस्कृति पर केन्द्रित छह दिवसीय पचमढ़ी उत्सव भोपाल सहित कई शहरों में ध्रंध और कोहरे ने बढ़ाई ठंडक

प्रधानमंत्री भूजल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अटल भूजल योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि जो ग्राम पंचायतें पानी का बेहतर इस्तेमाल करेगी उन्हें ज्यादा राशि दी जायेगी ताकि र्वे और अच्छा काम कर सकें

उन्होंने कहा कि जल संकट से निपटने के लिये सभी को मिलजुलकर प्रयास करने होंगे प्रधानमंत्री ने देश के किसानों से ऐसी फसलें उगाने की अपील की है कि जिनसे उत्पादन में कम से कम पानी की खपत हो उन्होंने स्टार्टअप्स के तहत ऐसी प्रौद्योगिकी का विकास करने को कहा कि जिससे पानी की खपत को कम किया जा सके

शांति मार्च सीएम एनपीआर मुख्यमंत्री कुमलनाथ ने केन्द्र सरकार पर आरोप लगाया कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर को लेकर उसका दृष्टिकोण उचित नहीं है श्री नाथ ने आज भोपाल में शांति मार्च के बाद पत्रकारों से चर्चा में बताया कि इसे केन्द्र की पूर्ववर्ती यूपीए सरकार भी एनपीआर लाना चाहती थी लेकिन उसमें एनआरसी शामिल नहीं थी श्री नाथ ने कहा कि मौजूदा केन्द्र सरकार द्वारा एनपीआर में एनआरसी को जोड़ा जा रहा है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार देश की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है श्री नाथ ने संविधान बचाओ न्याय शांति यात्रा को शांति मार्च बताते हुए कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को संविधान और जनता विरोधी कानून से परिचित कराना है उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसे किसी कानून को लागू नहीं किया जायेगा अटल जयंती प्रदेश में आज महान शिक्षाविद और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व पंडित मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए श्री वाजपेयी को राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने श्रद्धांजलि दी मुख्यमंत्री श्री नाथ ने अपने ट्वीट संदेश में श्री वाजपेयी को श्रद्दाजलि देते हुए उन्हें सादगी सरलता और सिद्धांत निष्ठता का प्रतीक बताया श्री वाजपेयी की जयंती पर जबलपुर में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया राजधानी भोपाल इन्दौर जबलपुर होशंगाबाद शिवपुरी उमरिया और ग्वालियर सहित विभिन्न शहरों में रक्तदान शिविर फल वितरण और स्वच्छता अभियान से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किये गये केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ग्वालियर में आज शाम स्वर्गीय वाजपेयी के जीवन पर आधारित नाटक मंचन और पुस्तक मेरी यात्रा अटल यात्रा के विमोचन के मौके पर उपस्थित रहेंगे इसके अलावा हमारे अटल प्यारे अटल काव्य संध्या में भी शामिल होंगे किसमस क्रिसमस का पर्व आज देश के साथ ही प्रदेश में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है ईसाई समुदाय द्वारा प्रभु यीश के जन्मोत्सव को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है राज्यपाल लालजी टॅडन और मुख्यमंत्री कैमलनाथ ने इसाई समुदाय सहित सभी प्रदेशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनायें दी हैं भोपाल के गोविंदपुरा स्थित चर्च में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि प्रभू यीश ने दुनिया को प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया है हमें आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाये रखना चाहिये किसमस पर्व के अवसर पर गिरजाघरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया और झांकियां लगाई गई हैं इंदौर में धर्मगुरु बिषप चाको ने बताया कि ईसाई समाज इस बार क्रिसमस पर पर्यावरण संतुलन के लिए ग्रीन और क्लीन क्रिसमस का संदेश देगा हमारे धार संवाददाता ने खबर दी है कि प्रभू यीशु के जन्मदिवस किसमस जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है जबलपुर खंडवा अनुपपुर शहडोल होशंगाबाद उमरिया रायसेन डिंडोरी बैतुल और मंडला सहित प्रदेश के सभी जिलों में किसमस पर्व की रौनक है सीएम लोधी सम्मेलन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने युवाओं से सोशल मीडिया के साथ ही भारतीय मूल्यों और संस्कृति को भी अपनाने पर जोर दिया है श्री नाथ ने आज भोपाल के मानस भवन में लोधी समाज के युवक युवती परिचय सम्मेलन में कहा कि अपनी संस्कृति को आत्मसात किये बिना देश सुरक्षित नहीं हो सकता कार्यक्रम में नगरीय विकास मंत्री जयवर्धन सिंह ने लोगों से समाज सेवा के महत्व के प्रति जागरूक होने की अपील की

कार्यक्रम के पहले दिन आज शाम पद्म विभूषण से सम्मानित राजन साजन मिश्र और प्रसिद्ध नृत्यांगना लता सिंह मुंशी की भरत नाटयम की प्रस्तुति होंगी

कार्यक्रम के समापन अवसर पर प्रसिद्ध गजल गायिका पीनाज मसानी की प्रस्तुति होगी

तो आईये आज जानते हैं नागरिकता संशोधन कानून को लेकर फैली एक और भ्रान्ति और उसकी असलियत के बारे में नागरिकता संशोधन कानून का यह अर्थ भी कतई नहीं है कि पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अलावा अन्य देशों में धार्मिक आधार पर भेदभाव का सामना कर रहे हिंदू भी नागरिकता कानून के अंतर्गत भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं बल्कि उन्हें हमारे देश की नागरिकता लेने के लिए सामान्य प्रक्रिया से गुजरना होगा इसके लिए उन्हें या तो पंजीकरण कराना होगा अथवा नागरिकता हासिल करने के लिए आवश्यक समय भारत में गुजारना होगा

सूर्य ग्रहण साल का अंतिम वल्याकार सूर्य ग्रहण कल लगेगा यह देश के दक्षिणी भाग कर्नाटक केरल और तमिलनाड़ में कुछ स्थानों पर दिखाई देगा देश के अन्य हिस्सों में यह आंशिक तौर पर दिखाई देगा

ज्योतिष शास्त्रिय इसे खंडास सूर्यग्रहण भी कहते हैं आज रात आठ बजे से ही सूतक लग जायेगा इस दौरान मंदिरों के दरवाजे बन्द रहेंगे

दल के राष्ट्रीय संयोजक गोविंद यादव की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि इस श्रद्वांजलि सभा में मध्यप्रदेश राजस्थान और गुजरात प्रदेश इकाई के कार्यकर्ता और समाजवादी चिंतक भाग लेंगे

होल्कर स्टेडियम में आयोजित होने वाले इस मैच के सामान्य श्रेणी के टिकटों की बुकिंग आज से की जा सकेगी

राजधानी भोपाल में आज दिनभर धूंध छाई रही इस दौरान शहडोल संभाग में ठंड के तेवर तीखे हए

मौसम वैज्ञानिकों ने मौसम में आये इस बदलाव का कारण अरब सागर से आ रही नमी और हवा के रूख में बदलाव को बताया है कल हुई बारिश के चलते पन्ना जिले में भी ठंड बढ़ गई है हमारे उमरिया संवाददाता ने बताया है कि कोहरा और कड़ाके की ठंड की वजह से सुबह जनजीवन प्रभावित रहा कोहरे के कारण सड़क और रेल परिवहन पर भी असर पड़ा है

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्धन सिंह कल एक दिवसीय प्रवास पर गुना जाएंगे इस दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे